गृहमंत्री गृहमंत्री अमित शाह ने इतिहासकारों और विद्वानों से नई पीढ़ी को जानकारी देने के लिए भारतीय परिप्रेक्ष में इतिहास का पुनर्लेखन करने का अनुरोध किया है उन्होंने कहा कि इतिहास विजेताओं द्वारा लिखा जाता है और इसके पुनर्लेखन की जिम्मेदारी समाज और इतिहासकारों की है वे आज काशी हिंदू विश्व विद्यालय में गुप्तवंशिका विरह स्कंदगुप्त विक्रमादित्य पर दो दिनों की अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में बोल रहे थे गृहमंत्री ने कहा कि इतिहास ने स्कंदगुप्त के साथ अन्याय किया और देश के इतिहास संस्कृति और राजनीति में किये गये उनके योगदान की अनदेखी की गई

इस बार मतदाताओं को घर बैठे ही चुनाव परिणाम मिल जाएंगे

इस एप के माध्यम से मतगणना के दौरान हर चरण की जानकारी लोगों को हासिल हो सकती है राज्य निर्वाचन आयुक्त चंद्रशेखर भट्ट ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि एप को जनता की सुविधा के लिए तैयार किया गया है राज्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि मतगणना के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गयी है

इस बूथ की मतदान पेटी आग लगने से क्षतिग्रस्त हो गयी थी इस कारण यहां दोबारा से मतदान कराया जाएगा मतगणना प्रशिक्षण त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना के लिए टिहरी में आज प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया प्रशिक्षण कर्यक्रम में मतगणना कर्मियों को मत गिनने और अवैध मत संबंधी जानकारी दी गई टिहरी के जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ वी षणमुगम ने मतगणना से जुड़े कर्मचारियों से कहा कि इसमें लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा उन्होंने कर्मचारियों से राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने को कहा वेंडिंग जोन मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने देहरादून में प्रथम स्मार्ट वेंडिंग जोन का लोकार्पण किया

केंद्र सरकार की गाइडलाइन्स के अनुसार स्मार्ट वेंडिंग जोन के सभी फीचर इसमें शामिल किए गए हैं वेंडिंग जोन में सभी वेंडर्स को स्मार्ट कार्ड दिए गए हैं और सीसीटीवी भी लगाए गये है इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि यह वेंडर जोन बहत ही व्यवस्थित तरीके से बनाया गया है उन्होंने कहा कि व्यवस्थित होने से हमारी सोच में भी बदलाव आता है और हम एक अच्छी व्यवस्था की ओर आगे बढ़ते हैं उन्होंने कहा कि महिलाओं के विकास के बिना किसी भी समाज का विकास सम्भव नहीं

उन्होंने कहा कि इस वेंडर कार्ट से विक्रेता और उपभोक्ता दोनों को ही लाभ होगा मुख्यमंत्री ने स्मार्ट वेंडिंग जोन के लिए बैंकों द्वारा दिए गए सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया

शिविर में मादक पदार्थो के सेवन से समाज में होने वाले दृष्प्रभाव युवाओं में नशे की बढ़ती प्रवृत्ति और नशा उन्मूलन को लेकर चर्चा की गई जिला विधिक सेवा प्राधिकारण के सचिव रवि प्रकाश की अध्यक्षता में विधिक साक्षरता शिविर में संकल्प नशा मुक्ति देव भूमि अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया गया इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ने अभिभावकों और छात्र छात्राओं को नशा पीडितों को विधिक सहायता नशा उन्मूलन और उनके पुर्नवास के संबध में जानकारी दी इस दौरान राजकीय विद्यालय में निबंध औरं भाषण प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया साथ ही छात्र छात्राओं ने नशा मुक्ति पर लघ् नाटक प्रस्तुत कर जन जागरूकता का संदेश भी दिया राज्यपाल राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने कहा है कि प्रदेश की महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में काम करना होगा कोटद्वार भाबर के मोटाढांग स्थित स्टेडियम में महिला सशक्तिकरण को लेकर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में काम कर रहे है राज्यपाल ने कहा कि महिलाओं को आत्मनिर्भर होना चाहिए इस मौके पर उन्होंने महिलाओं को करवा चौथ की शुभकामनाएं भी दीं कार्यक्रम की आयोजक अनुकृति गुसाई के अनुसार उनकी संस्था कौशल विकास और स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक कर रही है संस्था लगभग दस हजार महिलाओं को प्रशिक्षण दे रही है

अल्मोड़ा महोत्सव अल्मोड़ा महोत्सव आज से शुरू हो गया है महोत्सव के शुभारंभ के अवसर पर मैराथन दौड़ आयोजित की गई जिसे जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पीएन मीणा ने हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया मैराथन के जरिए कोसी नदी पुनर्जनन अभियान के बारे में लोगों को जागरूक किया गया इसके अलावा साईकिल रैली का भी आयोजन किया गया जिलाधिकारी ने बताया कि इस रैली को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से जोड़ा गया है जिसका उद्देश्य महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है इस दौरान साहसिक खेल गतिविधियां भी संचालित की गईँ छापेमारी बागेश्वर बागेश्वर में त्योहारों के मद्देनजर खाद्य सुरक्षा विभाग और पुलिस प्रशासन ने लगातार तीसरे दिन भी दुकानों में छापेमारी की इस दौरान गरुड़ बाजार से मिठाई एक पनीर शहद के सेंपल लिए गए जिसे राज्य औषधि एवं खाद्य जांच प्रयोगशाला रुद्रपुर भेजा गया साथ ही खराब गुणवत्ता की मिठाइयों को नष्ट करते हुए दुकानदारों को भविष्य में खराब खाद्य सामग्री न बेचने की चेतावनी दी गई अधिकारियों ने कहा यह अभियान आगे भी चलता रहेगा उज्ज्वला योजना केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से प्रदेश में कमजोर वर्ग के परिवारों को खासा लाभ मिला है राज्य के ग्रामीण इलाकों में खाना पकाने के लिए परंपरागत रूप से लकड़ी और गोबर के उपलों का इस्तेमाल किया जाता है इससे निकलने वाले ध्यूएं का असर महिलाओं के स्वास्थ्य पर तो पड़ता ही है महिलाओं का अधिकांश समय खाना पकाने में ही निकल जाता है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से खासतौर पर महिलाओं को बड़ी राहत मिली है

जिले के कई गांवों में इस योजना से लाभान्वित महिलाओं का कहना है कि गैस कनैक्शन की सुविधा होने से अब उन्हें खाना पकाने के लिए लकड़ियां लेने जंगल नहीं जाना पड़ता है इससे समय की बचत होने से वे घर के अन्य कार्यों को आसानी से निपटाती है

उन्होंने कहा कि योजना से अल्मोड़ा पिथोरागढ़ बागेश्वर और चम्पावत जिलों के ग्रामीणों को फायदा मिला है

उन्होंने जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के साथ कैबिनेट बैठक के लिए प्रस्तावित स्थल का जायजा लिया सचिव ने कहा कि मुख्यमंत्री मेडिकल कालेज का भी निरीक्षण करेंगे उन्होंने अधिकारियों को सभी व्यवस्थाएं पूरी करने के निर्देश दिये भूस्खलन बागेश्वर बागेश्वर गिरेछीना मोटर मार्ग पर द्वारिकाछीना के पास एक बार फिर भूस्खलन हो गया जिससे यातायात बाधित रहा दो दिन पहले ही लोक निर्माण विभाग ने सड़क को यातायात के लिए सुचारु किया था